सरकार इस महामारी का मुकाबला करने के लिए स्वंयसेवी डॉक्टरों की सेवा लेना चाहती है नीति आयोग की वेबसाइट पर दर्ज वक्तव्य र्मे सरकार सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सेवानिवृत्त डॉक्टरों तथा निजी डॉक्टरों से अपील की गई कि जानलेवा कोरोना वायरस से लडने में सरकारी प्रयासों में साथ दें जो लोग इस कार्य में योगदान करना चाहते हैं वे नीति आयोग की वेबसाइट में उपलब्य लिंक पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं

भीलवाड़ा और झन्झनूं में कर्फ्यू और राज्य के अन्य जिलों में लॉकडाउन लागू है इधर जयपुर के सवाईमानसिंह अस्पताल ने नर्सिगकर्मियों को संक्रमण से बचाने के लिए आइसोलेशन वार्ड में रोबोट का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है

जयपुर पुलिस कमिश्नर ने डोर दू डोर खाद्य सामग्री की ऑनलाईन और ऑफलाईन आपूर्ति करने वाली कम्पनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनके समस्त स्टाफ को कार्य में कोई रूकावट न आए इसके लिए स्वीकृतियां जारी की पूलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह ने सभी पूलिस महानिरीक्षकों और आयुक्तों को कहा है कि अपने अपने क्षेत्रो ैमें व्यापारी किसानों और ट्रक ऑपरेटर्स को आश्वास्त करें कि मालवाहक वाहनों को नहीं रोका जाएगा वही खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए है कि सभी आटा चक्कियों को नियमित रूप से खुलवाया जाना सुनिश्चित करें

इसी के तहत धौलपुर जिले में लोगों को जागरूक करने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में लोकगीत बनाकर जगह जगह प्रचार प्रसार किया जा रहा है बाड़मेर में भी अंतरराष्ट्रीय लोक कलाकार फकीरा खान विशाला ने लोकगीत तैयार किया है विभिन्न जिलों में प्रशासन द्वारा जनता की परेशानियों को कम करने के लिए कई व्यवस्थाएं की जा रही है

राजसमंद में जिला कलेक्टर ने रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की दुकाने खोलने के लिए अलग अलग समय निर्धारित कर दिया है

हनुमानगढ जंक्शन में नगरपरिषद की ओर से घर घर सब्जी और फल वितरण की व्यवस्था शुरू की गई है